उन्होंने कहा कि योग प्रणायाम और आयुर्वेद के बल पर ही वे स्वस्थ्य हैं उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी के बाद आयूष परिवार में सोवा रिगपा भी शामिल हुआ है श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी जीवन शैली के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते थे इस अवसर पर श्री मोदी ने आयुष प्रणालियों के जाने माने विशेषज्ञों और चिकित्सकों के सम्मान में बारह आयुष स्मारक डॉक टिकट भी जारी किये प्रधानमंत्री ने हरियाणा में दस आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का शुभारंभ भी किया आयुष मंत्रालय ने अगले तीन वर्ष में साढे बारह हजार आयुष स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र शुरु करने का संकल्प लिया है इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य पोषक भोजन और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर स्वास्थ्य देखभाल के प्रति समाज को सजग तथा सक्षम बनाया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वी के सिंह ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश में चल रही परियोजनाओं में किसी भी देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा कल राजधानी ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू उपमुख्यमंत्री चाउना मैन और सांसद तापिर गाव की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री सिंह ने कहा कि जिन ठेकेदारों ने आश्वासन के बावजूद अपना काम प्ररा नहीं किया है ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी उन्होंने भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़े मुआवाजे के मामले के निपटान में देरी को देशभर में एक चुनौती मानते हुए कहा कि सरकार उचित मांलों में पूरा सहयोग करेगी श्री सिंह ने आग्रह किया कि ऐसे बहुत से मामले है जो पूरी तरह से गैरकानूनी है उन्होंने भूस्खलन और जमीन धसने की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए तकनिकी विशेषज्ञों से नई प्रद्योगिकी अपनाने की अपील की श्री सिंह ने परियोजनाओं को समय से पूरा करने में राज्य और केंद्र के एजेंसियों के बीच आपसी तालामैल पर बल दिया खेल दिवस के अवसर पर ईटानगर में आयोजित एक समारोह में खेल मंत्री मामा नातुंग ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए जल्द ही तीन अत्याधूनिक सुविधाओं से युक्त खेल अकादमी स्थापित की जाएगी खेल मंत्री ने राज्य के प्रत्येक हिस्से के लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा शुरु किए गए फिट इंडिया अभियान में भाग लेने की अपील की असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची को अंजाम देने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि लोग आसानी से सूची में अपने नाम की जांच कर सकें अंतिम सूची कल प्रकाशित की जाएगी सूची प्रकाशित होने से पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं है उन्हें चिंन्ता करने की कोई जरुरत नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को विदेशी अधिकरण में अपील करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और राज्य सरकार उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान करेगी मुख्यमंत्री नें कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है उन्होंने लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सूचि को अद्यतन करने में सहयोग करने के लिए राज्य के लोगों का आभार भी व्यक्त किया

उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह में विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था और सोभाग्य की बात है की पायलट प्रोजेक्ट के तहत पासिघाट विधानसभा क्षेत्र में इसे लागू किया गया है